मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा व कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अन्राग ठाक्र ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक संबंधी केंद्र के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों से किसान रथ मोबाईल ऐप डाउनलोड करने का किया आग्रह मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा मार्च और अप्रैल में दो हजार रुपये दिए जा रहे हैं

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है वे आज शिमला स्थित अपने सरकारी निवास स्थान ओकओवर में उनसे मिलने आए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को सम्बोधित कर रहें थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत डॉक्टर नर्से पुलिस कर्मचारी आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सफाई कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं जिससे इस वायरस के खिलाफ प्रभावी तरीके से लड़ने में मद्द मिल रही है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी इस दौरान मौजूद रहे

राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना महामारी से निपटने में सुरक्षित रह सकेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष व राजस्थान से सांसद ओम बिरला से कोटा व राज्य के अन्य भागों में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाएं गए लॉकडाउन के कारण प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से सैंकड़ों विद्यार्थी कोटा से कोचिंग कोर्स कर रहें है और उनके अभिभावक बच्चों को वापिस लाने का अनुरोध कर रहें है जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से विद्यार्थियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया नड़डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज भाजपा पत्रिकाओं के संपादक दल और प्रकाशन से जुड़े लोगों से चर्चा की

नड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता समर्पित रूप से लॉकडाउन व कफ्यू के समय सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं को मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यम से कार्य करने को कहा इस दौरान हिमाचल कमल संदेश के मुख्य संपादक गणेश दत्त ने उन्हें बताया कि प्रदेश में महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा अभी तक साढ़े आठ लाख से अधिक मास्क बनाकर बांटे जा चुके हैं

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी है

अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने ई कमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया है एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ई कमर्स कंपनियों पर लगाई गई इस रोक का लाभ छोटे द्वकानदारों व व्यपारियों को मिलेगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने स्थानीय स्तर पर लोगों के जन जीवन को सामान्य करने के लिए चरणबद्द ढंग से अतिरिक्त सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है इस बीच अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के बड़सर विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे राहत कार्यों के बारे जानकारी ली उन्होंने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए मारकंडा कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों को अपना उत्पाद आसानी से मंडियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान रथ नामक एक मोबाईल ऐप विकसित की है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है उन्होंने कहा कि ये एप्लिकेशन प्रदेश में कृषि व बागवानी उत्पादों को राज्य के भीतर और बाहर की मंडियों में भेजने में मददगार साबित होगी मारकंडा ने कहा कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है

संदीप कुमार ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि जिले के किसान अपनी गेंह की फसल का जलग्रां स्थित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बेच सकते है ऊना में आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एफसीआई के अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन और इस के साथ लगती पंचायतों में भी कृषि गतिविधियां हो सकती है और इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है संदीप कुमार ने किसानों को फसल कटाई के लिए मजदूरों के अलग अलग पास बनवाने की बजाए एक ही पास में सभी मजदूरों के नाम दर्ज करवाने को कहा है बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहें उपायों के लिए सरकार का आभार जताया है वे आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल के सदस्यों विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों की संयुक्त वीडियों कॉन्फ्रेंस में बोल रहें थे बिंदल ने बताया कि संकट की इस घड़ी में संगठन सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ कार्य कर रहा है और संगठन द्वारा प्रदेश में मास्क बनाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण लोगों को पीडीएस के तहत दिए जाने वाले राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है शिमला में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि डिप्रों में एक बार में पूरा राशन नहीं मिल रहा है जिससे लोगों को बार बार डिप्ओं के चकर काटने पड़ रहें हैं राठौर ने सरकार से प्रभावितों को विशेष राहत देने का आग्रह किया है

उपायुक्त अमित कश्यप ने ये जानकारी दी है गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लगाए गए कफ्यू के दौरान केंद्र सरकार समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है